विकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि जांच के लिए सबसे ज्यादा विश्वसनीय आरटीपीसीआर टेस्ट को प्राथमिकता दी जा रही है

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्लाज्मा बैंक खोले जाएंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके जयपूर जोधपूर और कोटा के बाद उदयपूर और बीकानेर में भी प्लाज्मा थेरेपी के जरिये लोगों को जीवनदान दिया जा रहा है उन्होंने कोरोना विजेताओं से प्लाज्मा दान कर लोगों को नया जीवन देने की भी अपील की डॉ शर्मा ने कहा कि राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को कोरोना पॉजीटिव की संख्या बढ़ने की स्थिति में स्थानीय लॉकडाउन और रात का कर्फ्यू लगाने के निर्देश जारी कर किये गये हैं

देश में महामारी के प्रकोप के बाद किसी एक दिन में किये गए परीक्षणों की यह सबसे अधिक संख्या है

जिनका परीक्षण विभिन्न चरणों में चल रहा है आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने आज संवाददाताओं को ये जानकारी दी

उन्होंने बताया कि इनमें जीपीएस चिप लगे हैं जिनके माध्यम से इन वेंटीलेटर्स की आसानी से ट्रेकिंग हो सकेगी

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की खंडपीठ ने केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उन वरिष्ठ नागरिकों की वृद्धावस्था पेंशन समय पर उन्हें मिल जाये न्यायालय ने यह भी सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता जताई कि कोरोना महामारी के दौरान अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों र्क अनुरोध पर समय पर सहायता प्रदान की जानी चाहिए न्यायमूर्ति भूषण कहा कि राज्य सरकारों को भी किसी सहयोग का अनुरोध किये जाने पर तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए

केवल कन्टेन्मेन्ट जोन के बाहर योग केन्द्र और जिम खोल जा सकेंगे मंत्रालय ने इन संस्थानों को सोशल डिस्टेन्सिंग रखने और परिसर को रोजाना सेनेटाइज करने को कहा है लोगों से भी मास्क लगाने बार बार साबून से हाथ धोने या सेनेटाइज करने औश्र खासंते तथा छींकते वक्त खास ध्यान रखने और बीमारी की हालत की सूचना राज्य और जिला हैल्पलाइन पर देने को कहा है

वहीं संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि इन मामलों में राजद्रोह की धारा हटाने से स्पष्ट है कि सरकार का ये निर्णय गलत था

भूमि पूजन से पहले जारी तीन दिन के अनुष्ठानों के दूसरे दिन आज छह घंटे का विशेष राम रचा अनुष्ठान किया जा रहा है इस अनुष्ठान के दौरान एक सौ पैंतीस विशिष्ट संत उपस्थित हैं आज शाम दीपोर्त्सव भी होगा वहीं सरयू नदी के घाटों को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है

दूर्गम भौगोलिक इलाकों बर्फ से ढके क्षेत्रों दूर दूर बसे घरों अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अधिक निकटता और कामकाज के सीमित समय के बावजूद ये उपलब्धि हासिल हुई है जम्मू कश्मीर ऊर्जा विकास विभाग की टीमों ने यह लक्ष्य हासिल करने के लिए अन्य विभागों ग्राम सेवकों राजस्व कर्मियों जन प्रतिनिधियों और अन्य सभी के साथ मिलकर कार्य किया

प्रदीप सिंह प्रथम स्थान पर रहे जबकि महिलाओं में प्रतिभा वर्मा पहले स्थान पर रहीं

प्रदीप सिंह ने आकाशवाणी समाचार के साथ खास बातचीत में कहा कि वे इस सेवा में रहकर गरीब और वंचितों के लिए काम करेंगे

योजना की राशि किसानों को घर बैठक ही मिल गई है जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिला है

जहाँ आमजन सोशल डिस्टैंस के साथ दर्शन कर सकेंगे